नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि तीन करोड़ किसानों जिन्होंने चार लाख बाईस हजार करोड़ रूपए के लोन लिया था उन्हें लोन की किश्त चुकाने में तीन महीने की रोक का फायदा भिलेगा

पिछले दो माह में प्रवासियों और शहरी गरीबों को सहयोग दिया गया जिसमें राज्य आपदा राहत कोष के तहत प्रवासियों को भोजन और पानी दिया गया केन्द्र सरकार की तरफ से ग्यारह हजार दो करोड़ इस कोष में राज्यों को दिए गए लॉकडाउन के दौरान शहरों में बेघर लोगों के लिए बने आश्रयस्थलों में तीनों समय का भोजन दिया गया घर लौट रहे प्रवासियों को मनरेगा के तहत कार्य दिया गया

उन्होंने कहा कि मजदूरों के कल्याण के लिए देश में न्यूनतम मजदूरी का अधिकार स्थापित किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में अंतर को दूर किया जाएगा

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में एक देश एक राशन कार्ड लागू किया जाएगा प्रवासी परिवार इससे एक राशनकार्ड से देश में कहीं भी राशन प्राप्त कर सकेंगे प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए कम किराये के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह योजना की शीघ्र ही शुरूआत की जाएगी

कैम्पा कोष के तहत छह हजार करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की जाएंगी जिससे शहरी अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे नाबार्ड ग्रामीण सहकारिता बैंक और ग्रामीण बैंकों के तहत किसानों को तीस हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त आपातकालीन पूंजी उपलब्ध कराएगा जिससे रबी की कटाई और खरीफ की बुवाई में मदद मिलेगी ढाई करोड़ किसानों को किसान केडिट कार्ड के वास्ते दो लाख करोड़ का रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इसमें मछ्वारों और पशुपालन से जुड़े किसानों को भी शामिल किया जाएगा जिससे लगभग ढाई करोड़ किसान लाभान्वित होंगे केन्द्र के इन केदमों का प्रदेश में स्वागत किया गया है

वित्त मंत्री निर्मला श्रीमती सीतारमण की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कल एमएसएमई के लिए दी गई छूट और रियायतों का प्रदेशभर में विभिन्न जनप्रतिनिधियों व्यापारिक संगठनों और लोगों ने स्वागत किया है

चिकित्सा विभाग ने घर घर सर्वे शुरू कर दिया है उधर करौली जिले की एक संक्रमित महिला की जयपुर में इलाज के दौरान मृत्यू होने के बाद उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट की पहचान कर क्वांरटीन किया जा रहा है

नई व्यवस्था के तहत कोरोना वायरस संकमण की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी की पालना भी हो सकेगी और खरीद प्रकिया भी सुचारू रूप से चल सकेगी राज्य के कृषि विपणन विभाग ने वेयर हाउस डवलपमेंट एंड रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी द्वारा पंजीकृत निजी भंडार गृहों को भी मंडी प्रांगण के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार निजी भंडार गृहों को उपमंडी के रूप में स्थापित किए जाने के लिए नियमों में ढील दी गई है अब पांच हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता के प्रावधान में छट दी गई है

इस तरह का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया है

इसी कम में आज तेलंगाना से एक ट्रेन श्रमिकों को लेकर पाली पहुंची

हमारे संवाददाता ने बताया कि स्क्रीनिंग के बाद इनको बसों से घर भेजा गया

इन सभी की स्कीनिंग की गई और बसों से गंतव्य जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई

पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर इस खबर को फर्जी बताया है कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और लोगों को ऐसी फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहना चाहिए

इस बीच मौसम विमाग ने आज के लिए ओरेंज अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग ने कल के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है और श्रीगंगानगर चूरू बीकानेर अलवर सीकर तथा झुंझुनू में कहीं कहीं तेज हवाओं की संभावना व्यक्त की है